यह विशेष सत्र नवंबर के पहले सप्ताह में बुलाया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल देर शाम हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया इस सत्र में केन्द्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों पर चर्चा होने की संभावना है

कल राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले त्यौहारों के दिनों में लापरवाही नहीं बरती जाए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोई ढिलाई नहीं बरतनी है

केंद्र सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सक्रियता से कदम उठा रही है

आकाशवाणी जयपुर ने अपने समाचार बुलेटिनों में जनता के नाम जनता के संदेश विशेष श्रृंखला शुरू की है

कोरोना के विरूद्व जन आंदोलन से आमजन को जोड़ने के लिये नगर निगम जयपुर ग्रेटर और हैरिटेज ने यातायात पुलिस जयपुर के साथ एक विशेष अभियान शुरू किया है

जांच के दौरान ये नामांकन वैध नहीं पाए गए

उम्मीदवार कल तक नाम वापस ले सकते हैं इसके बाद नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी

उन्होंने प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रबन्धन चुनाव प्रचार पार्टी की रीति नीति स्थानीय मुद्दों सहित विभिन्न विषयों पर संवाद किया उन्होंने प्रत्याशियों से राज्य सरकार की विफलताओं को पुरजोर तरीके से उठाने के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को भी गंभीरता के साथ आमजन के बीच रखने की बात कही

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की अध्यक्षता में कल संभागीय आयुक्तों जिला कलक्टर्स और राजस्व अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया

केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर श्रद्धांजलि दी इधर राजधानी जयपूर में पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने पुलिस के अमर शहीदों की याद में राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्वांजलि अर्पित की